इस आयोजन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना है खिलौने बच्चों के मानसिक विकास और उनकी बुद्विमत्ता बढ़ाने में सहायक होते हैं इसलिए मेले के आयोजन का उद्देश्य खिलौनों के माध्यम से हर उम्र के बच्चों में सीखने की प्रक्रिया रुचिकर बनाना है खिलौना मेले का आयोजन प्रधानमंत्री की अवधारणा के अनुरूप किया गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज मंडी जिले के दौरे पर रहेंगे वे मंडी में शिवधाम और बहमंजिला पार्किंग का शिलान्यास करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है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

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा

परिणाम राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड द्वारा जूनियर टी मेट और जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है

अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में हुई धक्का मुक्की व हंगामे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला की सुर्खी है अभिभाषण पर हंगामा राज्यपाल की रोकी कार अग्निहोत्री समेत पांच विधायक निलंबित एफआईआर दर्ज

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल विधानसभा में महाभारत राज्यपाल से अभद्रता पर विपक्ष के नेता समेत कांग्रेस के पांच विधायक सस्पेंड जबकि दैनिक जागरण का कहना है राज्यपाल से बदसुलूकी कांग्रेस के पांच विधायक निलंबित इसी पत्र ने अपनी त्वरित टिप्पणी में लिखा है माननीय क्या शब्द और विचार समाप्त हो गए अमर उजाला का शीर्षक है स्कूल शिक्षकों के तबादलों पर अप्रैल तक लगेगी रोक